प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम पांच बजे से भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों के प्रमुखों से बात की और उन्हें बैठक में शामिल होने को कहा था इस बैठक में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल की हिसक झड़प पर चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हिंसक घटना पर कड़ा रुख अपनाया है उन्होंने ब्धवार को कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के बीस बहादुर जवानों का बलिदान व्यअर्थ नहीं जायेगा उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो भारत अपनी एक एक इंच धरती और आत्म सम्मान की दुढ़ता से रक्षा करेगा

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक बैठक के दौरान अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलवरी व्यवस्था को सूचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश दिये उन्होंने प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को बैंकों से ऋण दिलाने में पूरी मदद की जाये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रामीण क्षेत्रो में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए बिहार क खगडिया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिन के इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा यह अभियान बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कइ राज्यों के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को छठा अंतराष्ट्रीय योग दिवस पररस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं एक वोडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक शक्ति बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है उन्होंने कहा कि योग में मानसिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है

कहीं भी योग पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किये जायेंगे

इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिये रजिस्ट्रेशन किये जा रहे हैं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

प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का तीन वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करके एक रिकॉर्ड बनाया है

एक रिपोर्ट इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई और अपने देश के साथ ही पूरी दुनिया में बंदी हो रही थी तब हर किसी ने ये सोचा कि चीनी मिलों और गन्ना किसानों का क्या होगा लेकिन प्रदेश सरकार ने न केवल कोरोना के संक्रमण को रोका बल्कि लगातार चीनी मिलों को भी चलाया उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि कोई चीनी मिल लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं होगी और इसका सफलतापूर्वक परिचालन कर दिखाया

आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

गन्ना किसानों का बासठ प्रतिशत भुगतान अभी तक उनके खातों में जा चुका है चीनी मिल मंसूरपुर ने लंबी पेराई का रिकार्ड बनाकर आज ही सत्र का समापन किया है

इस सत्र ने गन्ना उत्पादन चीनी की रिकवरी लंबे समय तक पेराई करने का रिकार्ड बनाया है गन्ना किसान प्रवेश शर्मा कहते हैं कि पिछले काफी समय से गन्ने की खेती करते आ रहे है इस बार गन्ने की पैदावार अधिक रही चीनी मिले जून माह तक चलती रही

गन्ने का बासठ प्रतिशत पैसा यहां के किसानों के खातों में जा चुका है

कोरोना महामारी और लंबे समय तक लॉक डाउन के बाद भी गन्ने का यह सत्र किसानों और मिल मालिकों के लिए लाभ का सौदा रहा है रणवीर सिंह सैनी आकाशवाणी समाचार मुजफ्फरनगर

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं इस महीने की छह तारीख को दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक चुशुल मोलडो क्षेत्र में हुई थी